प्रधानमंत्री संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से कुछ देर बाद आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री का ये संबोधन आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों से बाहरी राज्यों से अपनी पंचायत में पहुंच रहे लोगों पर निगरानी रखने को कहा है आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हमीरपुर व ऊना के पंचायत प्रतिनिधियों से उन्होंने कहा कि आम लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधी कोरोना महामारी से निपटने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने पर बल दिया उन्होंने गरीबों व जरूरतमंदो को मास्क और भोजन उपलब्ध करवाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की सराहना की और आगे भी प्रयास जारी रखने को कहा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी अपनी पंचायतों में विभिन्न विकास कार्य शुरू करने के लिए आगे आना चाहिए

मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि पंचायत प्रधानों को होम क्वारंटीन के लिए ऐसे परिवारों की मदद करनी चाहिए जिनके पास सीमित आवास सुविधा उपलब्ध है रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला

बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री सहित हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है उन्होंने आज कांगड़ा ज़िले में डाडासिबा के विभिन्न गांवों में जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान की गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों के श्रमिकों को हर संभव सहायता दे रही है मनाली में आज प्रवासी श्रमिकों व लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कुल्लू ज़िले में भी श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है रेलगाडी दक्षिण भारत में फंसे प्रदेश के लोगों को लेकर विशेष श्रमिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी कल दोपहर ऊना पहुंचेगी इसके माध्यम से प्रदेश भर के करीब आठ सौ लोग ऊना आ रहे हैं उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के उतरने मैडिकल स्क्रीनिंग और खान पान सहित इन्हें विभिन्न ज़िलों में पहुंचाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की गई है

उपायुक्त के अनुसार किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए रेलवे स्टेशन पर साईन बोर्ड लगाए जा रहे हैं

हमारे ज़िला कांगड़ा संवाददाता संदीप कुमार ने बताया कि इनमें एक पुलिस कर्मचारी भी शामिल है जो पंचरूखी पुलिस स्टेशन में तैनात है पंचरूखी पुलिस स्टेशन को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है जबकि पुलिस आवासों को भी सील कर दिया गया है

इधर हमीरपुर ज़िले में आज दो मामले पॉजिटिव आए हैं ये दोनों व्यक्ति हाल ही में दिल्ली से वापिस लौटे थे हमारे ज़िला हमीरप़्र संवाददाता हरीश नंदा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद सुजानपुर के बजरोल और पलभु गांव के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया है

नर्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन शिमला में आज नर्सों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में नर्से समाज को बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में संक्रमण के खतरे के बावजूद नर्से जान की परवाह किए बिना अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने में जुटी हुई हैं इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस मौके पर सभी नर्सों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि आज का दिन नर्सों की मानवता के प्रति सेवा के लिए योगदान व कठिन परिश्रम की याद दिलाता है

उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनम और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा को करीब सौ मास्क सौंपे

उन्होंने बताया कि जल्द ही कांग्रेस कार्यकर्ता सभी मैडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में ये मास्क डॉक्टरों नर्सों पैरामैडिकल स्टाफ व सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध करवाएंगे इससे वे कोरोना महामारी से बच सकेंगे मार्ग जनजातीय क्षेत्र पांगी को चंबा मुख्यालय से जोड़ने वाले चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग की बहाली के कार्य का विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज जायजा लिया उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक मार्ग को बहाल कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि मार्ग के खुलने से पांगी घाटी सड़क मार्ग के साथ भी देश के अन्य हिस्सों के साथ जुड़ जाएगी उधर सर्दियों में भारी बर्फबारी से अवरूद्व मनाली लेह मार्ग को खोलने का कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है लाहौल स्पिति के उपायुक्त केके सरोच ने उम्मीद जताई कि ये मार्ग जल्द बहाल हो जाएगा